इसके लिये न्यूयार्क लंदन टोक्यो शंघई हांगकांग जोहांसवर्ग और म्यूनिख के मास्टर प्लान का अध्ययन किया जा रहा है

महापौर निर्वाचन प्रदेश के नगरीय निकायों में चयनित पार्षदों के माध्यम से ही महापौर और अध्यक्ष पद पर निर्वाचन होगा जबलपुर उच्च न्यायालय ने नगरपालिक अधिनियम में राज्य शासन द्वारा किये गये संशोधन के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति अतुल श्रीघरन की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि राज्य सरकार द्वारा नगरनिगम एक्ट में इसके लिए किये गये संशोधन असंवैधानिक है महिला जज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने जिला और सत्र न्यायाधीश को इंदौर की जेलों के मामले में महिला न्यायाधीश नियुक्त करने के आदेश दिए हैं उच्च न्यायालय ने ये आदेश इंदौर की जेलों में महिला कैदियों को उचित संसाधन नहीं मिलने संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया उच्च न्यायालय के आदेश के बाद महिला न्यायाधीश जेलों में जाकर महिलाओं की स्थिति की समीक्षा करेंगी राज्यपाल राज्यपाल लाल जी टंडन ने कल राजभवन में नाना जी देशमुख पश् चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की समीक्षा की

इस दौरान श्री टंडन ने कहा कि विश्वविद्यालय को गौ नस्ल सुधार का अभियान चालाना चाहिए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय मिशन मोड में गौ संरक्षण और संवर्धन की समग्र योजना पर कार्य करें नस्ल सुधार चारा और दूध उत्पादन में नई तकनीक के उपयोग का एकीकृत रूप से क्रियान्वयन किया जाये डेंग् प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कल इंदौर की बस्तियों में घर घर पहुँचकर डेंग् और मलेरिया की रोकथाम के लिये किये जा रहे प्रयासों की जानकारी ली और रहवासियों से मुलाकात की उन्होंने लोगों से कहा है कि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिये जनता का जागरूक होना और सहयोग बहुत जरूरी है

कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने बताया कि यह चिकित्सा बोर्ड दिव्यांगजनों की सुविधा के लिये गांवों में जायेंगे यहां ग्रामीणों का परीक्षण कर उन्हें दिव्यांगता संबंधी चिकित्सीय निःशक्तता प्रमाण पत्र शिविर स्थल पर ही दिए जाएंगे साथ ही उन्हें आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण भी दिये जायेंगे

गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और श्रीपद नाईक फिल्म समारोह के स्वर्ण जयंती अवसर पर उपस्थित रहेंगे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मेजबान राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे कार्यशाला इंदौर संभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉ वरूण कपूर ने कल खरगोन के शासकीय महाविद्यालय में साइबर अपराध पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित किया डॉ कपूर ने विद्यार्थियों से कहा कि हम जिस दुनिया में जी रहे है यही हमारी वास्तविक दुनिया है और यह सबसे बेहतर है जबकि हम किसी कम्प्यूटर यंत्र या नेटवर्क से जुड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते है वह हमारे ही द्वारा बनाई गई वर्चअल दूनिया है वर्चुअल दुनिया में ही साईबर क्राईम पनप रहे है अपने संबोधन में डॉ कपूर ने साईबर क्राईम से जुड़े सोशल मीडिया और अन्य नेटवर्किंग जानकारियों के बारे में विस्तार से कई प्रकरणों के उदाहरण देते हुए बताया

मौसम जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी की वजह से प्रदेश में अगले चौबीस घंटों में सर्दी के बढ़ने के आसार हैं मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया है कि इस वजह से प्रदेश में उत्तरी सर्द हवाए आने लगी है जिससे आगामी दिनों में पारा गिरने के साथ ठंड के बढ़ने का अनुमान है उन्होंने बताया कि प्रदेश में भोपाल सहित कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावेट आयी है अगले चौबीस घंटों में पारा कुछ और लुढ़क सकता है हालांकि अधिकतम तापमान के अभी ज्यादा गिरने की संभावना नहीं है

बैतूल पिछले एक सप्ताह से सर्दी से ठिठुर रहा है उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी रात के समय ठंड का असर देखने को मिल रहा है

ये दोनों ड्यूटी पर अनुपस्थित पाये गये थे

आज भी जिले में कई स्थानों पर भैरव अष्टमी के आयोजन किये जायेंगे